मौसम विभाग ने शनिवार तक शीतलहर और कोहरे को लेकर सीकर भरतपुर अलवर चूरू हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर में अलर्ट जारी किया है तापमान में एक बार फिर तीन डिग्री तक कमी हो सकती है